यह रेलगाडी आज सुबह ग्यारह बजे महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होगी किसान रेल फल और सब्जियों की दलाई करेगी यह रेलगाडी सामान की उतराई और लदाई के लिए विभिन्न स्टेशनों पर रूकेगी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और रेलमंत्री पीयूष गोयल वीडियो लिंक के जरिये रेलगाडी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

रेलगाडी प्रदेश के खंडवा इटारसी जबलपुर सतना कटनी रेलवे स्टेशनों पर भी रूकेगी किसान रेल शुरू करने के पीछे रेलवे का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करना है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल कोरोना की समीक्षा बैठक में ये जानकारी सामने आई मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेसन और संदिग्ध मरीजों को घरों में क्वारेंटाइन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग विस्तृत गाईडलाइन जारी करें उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब केवल रविवार को लॉकडाउन रहेगा और रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कफ़र्यू रहेगा श्री चौहान ने कहा कि कोरोना लाईलाज बीमारी नहीं है और समय पर मरीज को अस्पताल लाये जाने पर वे स्वस्थ हो जाता है उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाये जाने पर जोर दिया

विदिशा जिले में कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है विदिशा में बीमारी से उपचार के लिए सात वेन्दीलेटर लगाये गये हैं वहीं शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज में स्थानीय स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है अब जिला अस्पताल से प्राप्त सेंपल की मेडिकल कॉलेज लेब में जांच की जायेगी

इनमें वृदधि होना चाहिए राजस्व प्राप्तियों की वर्तमान स्थिति में सुधार के लिए मंत्रीगण विभागीय अधिकारियों से प्रति सप्ताह समीक्षा करें आज एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजस्व प्राप्तियों की जानकारी प्राप्त की

इसके लिए रणनीति बनाकर कार्य किया जाए मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मानित करने की भामाशाह योजना प्रनः प्रारंभ की जाए मर्मू जम्मू कश्मीर के पूर्व उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक और महा लेखाकार होंगे वे श्री राजीव महर्षि का स्थान लेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा के गुजरात कैडर के अधिकारी श्री मुर्मू ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के उप राज्यपल पद से इस्तीफा दे दिया था

इस सम्मेलन का आयोजन वीडियो कांफ्रेंस के जरिये किया जा रहा है

इनमें समग्र शिक्षा बहविषयीय और भावी शिक्षा गुणवत्ता पूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर अनुसंधान के लिए प्रौद्योगिकी का समान उपयोग जैसे विषय शामिल हैं आत्मनिर्भर वेबिनार आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिये प्रदेश के विकास का आगामी रोडमेप तैयार करने के लिये आज से वेबीनार के आयोजन की श्रृंखला शुरू होगी

जिला प्रषासन पात्र हितग्राहियों के प्रकरण राशि जमा करने के लिये बैंकों को भेजे रहा है इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इसके लिए जिले के सभी सरकारी और निजी बैंकों को लक्ष्य दे दिए गए हैं सीरो सर्वेक्षण इंदौर जिले में कोरोना वायरस के प्रति नागरिकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए सीरो सर्वेक्षण किया जाएगा षासकीय महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की डीन डॉ ज्योति बिंदल ने बताया कि सर्वेक्षण के प्रथम चरण में इसके लिए गठित दलों को प्रषिक्षण दिया गया है गौरतलब है कि सीरो सर्वेक्षण से यह पता लगाया जाता है कि क्षेत्र में कितनी आबादी कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित हुई है इस सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि कितने लोगों के षरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बन चुकी है